अंतिम फैसले के लिए तीस नवम्बर की समय सीमा तय की

राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने लोकसभा सीटों के बंटवारे में भाजपा से अपनी पार्टी को सम्मानजनक सीटें देने की मांग की है श्री कुशवाहा ने सीटों के बंटवारे के लिए तीस नवम्बर तक की समय सीमा निर्धारित की है पटना पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद आज संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं से पहले हुई बातचीत में रालोसपा को सम्मानजनक सीटों की पेशकश नहीं की गयी है रालोसपा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी को सम्मानजनक सीटों से ही स्पष्ट हो जायेगा कि भाजपा उन्हें एनडीए में रखने के प्रति गम्मीर है या नहीं हालांकि सीटों की संख्या के बारे में उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया रालोसपा अध्यक्ष ने कहा कि वे सीटों के बंटवारे के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बातचीत का प्रयास करेंगे लेकिन अब इस मामले में वे भाजपा के अन्य किसी नेता से बातचीत को लेकर कोई पहल नहीं करेंगे श्री कुशवाहा ने एक बार फिर आरोप लगाया कि जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश क्मार उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं इधर रालोसपा में बगावत के स्वर मुखर होने लगे हैं आज बुलाई गयी पार्टी की बैठक में बागी विधायक ललन पासवान और सुधांशु शेखर ने भाग नहीं लिया दोनों ने जदयू में शामिल होने के संकेत दिये हैं श्री पासवान ने आरोप लगाया कि बैठक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को लेकर बुलाई गयी थी आर्म्स एक्ट के मामले में फरार चल रही पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के बेगूसराय में चेरियाबरियारपूर के अर्जून टोल स्थित घर की आज पूलिस ने कूर्की जब्ती की पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान उनके घर पंहचे पूलिस ने उनके घर की चौखट किवाड़ उखाड़ लिया और घर की संपत्ति को उठा लिया इससे पहले पुलिस ने कल न्यायालय द्वारा जारी इश्तेहार को उनके घर पर साट दिया था और इसके बाद कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू की थी गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में सीबीआई को पूर्व मंत्री के घर छापेमारी के दौरान पचास से अधिक अवैध कारतूस मिले थे इसी मामले में गिरफ्तारी आदेश के बाद मंजू वर्मा के पति चन्द्रशेखर वर्मा ने आत्मसमर्पण कर दिया था वहीं उच्चतम न्यायालय ने मंजू वर्मा की गिरफ्तारी नहीं होने पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगायी थी मूजफ्फरपूर बालिका गृह यौन शोषण कांड की जांच कर रही सीबीआई ने आज मूजफ्फरपूर स्थित श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर कई दस्तावेजों की छानबीन की सीबीआई बालिका गृह से गायब बच्चियों की तलाश में छानबीन कर रही है मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जांच दल ने पोस्टमार्टम विभाग में जाकर वहां कई रिपोर्ट देखे जांच दल ने चिकित्सकों और नर्सों से पूछताछ की नवादा जिले की निचली अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले में वारिसलीगंज के पूर्व विधायक और नवादा जिला जदयू के अध्यक्ष प्रदीप कुमार को तीन साल कारवास की सजा सुनाई है अदालत ने पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है वर्ष उन्नीस सौ निन्यानवे में पकरीबरावां स्थित बाजितपुर गांव में पूलिस ने प्रदीप कुमार की गिरफ्तारी के बाद उसके घर से देशी पिस्तौल और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किये थे निगरानी जांच ब्यूरो ने पटना और बेगूसराय में अभियान चला कर एक अपर समाहर्ता सहित तीन लोगों को साढ़े सात लाख रूपये से अधिक घूस के साथ रंगेहाथ गिरफ्तार किया है आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दानापूर नगर परिषद के हेड क्लर्क उमाशंकर प्रसाद और एक दलाल रमाशंकर भारती को एक लाख सड़सठ हजार रूपये घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार क्लर्क एक ठेकेदार से बिल पास करने के ऐवज में घूस ले रहा था उसके कार्यालय में छापेमारी के दौरान लगभग तेईस लाख रूपये भी बरामद किये गये बताया जाता है कि क्लर्क ने अपनी अवैध कमाई को कार्यालय में बोरे के अन्दर छिपा कर रखा था इधर ब्यूरो की टीम ने बेगूसराय के अपर समाहर्ता ओमप्रकाश प्रसाद को उसके सरकारी आवास से छह लाख रुपए रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अधिकारी जमीन विवाद के मामले में जिले के एक अधिवक्ता राम प्रमोद सिंह से उसके मुवक्किल के पक्ष में निर्णय देने के लिए घूस ले रहा था गिरफ्तारी के बाद उसे पूछताछ के लिए पटना लाया जा रहा है पटना उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही ने आज पद की शपथ ली राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल लालजी टंडन ने उन्हें शपथ दिलायी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सूशील कुमार मोदी समेत कई मंत्री विधायक और अधिकारी भी शामिल हये न्यायमूर्ति शाही इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे वे चौबीस सितम्बर दो हजार चार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किये गये थे और अगस्त दो हजार पांच में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुये थे उपमुख्यमंत्री सूशील कुमार मोदी ने आज कहा कि प्रदेश में सब के लिए आवास योजना के तहत अगले तीन साल में शहरी क्षेत्रों में तीन लाख सामूहिक आवास बनाये जायेंगे श्री मोदी ने कहा कि राज्य में शहरीकरण और नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है उन्होंने कहा कि दो सौ पचहत्तर करोड़ रूपये की लागत से पटना में अगले साल तक अन्तराष्ट्रीय स्तर का बस टर्मिनल बन कर तैयार हो जायेगा राजधानी पटना के एसके पूरी थाना क्षेत्र अन्तर्गत राजेश रोड के पास एक दस वर्षीय बच्चा आज दोपहर बाद खूले नाले में गिर गया पिछले सात घंटे से फंसे दीपक को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने अभियान तेज कर दिया है नाले में कीचड़ और गंदगी के कारण बचाव कार्य में परेशानी भी हो रही है यूवाओं को वायूसेना में भर्ती होकर देश सेवा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्र्व की टीम सारंग दरभंगा में बीस नवम्बर से आकर्षक एयर शो प्रदर्शित करेगी इसके लिए एयर फोर्स के पायलटों ने आज से अभ्यास शुरू कर दिया नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र के महादेव मोड़ के पास आज केन बम विस्फोट होने से पांच लोग घायल हो गये घायलों में तीन की स्थिति गम्भीर है जिसे पटना रेफर किया गया है पुलिस ने बताया कि महादेव मोड़ के पास जड़ी बूटी बेचने वाले बंजारो की टोली तंबू समेट कर दूसरे स्थान पर जा रही थी तभी अचानक धमाका हो गया पूलिस ने मौके से तार बैट्री और अन्य संदिग्ध सामान बरामद किये हैं समस्तीपूर जिला का सैंतालीसवाँ स्थापना दिवस ध्रमधाम से मनाया गया इस अवसर पर मुख्य समारोह पटेल मैदान मे आयोजित किया गया समारोह का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष विजय कूमार चौधरी ने किया उन्होंने कहा कि समस्तीपूर जिला कृषि पैदावार के लिए प्रदेश मे ही नही बल्कि देश मे अपनी अलग पहचान रखता है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और श्रम संसाधन विभाग के सयुक्त तत्वावधान में मुंगेर में आज से तीन दिवसीय प्रमंडलीय नियोजन मेला शुरू हो गया मेले का उदघाटन श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना के गौतम धाम के पास से पूलिस ने इकसठ कार्टन विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वहीं शिवहर जिले के तरियानी अंतर्गत मौतनाजे गांव में पुलिस ने छापेमारी कर साढ़े बारह सौ बोतल से अधिक विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है मूंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र के सज्ञा गांव में आज तालाब में ड्बने से दो सहोदर भाई की मौत हो गयी वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र अन्तर्गत ओवरब्रिज के पास सड़क द्र्घटना में ट्रक चालक की मौत हो गयी

अंतिम फैसले के लिए तीस नवम्बर की समय सीमा तय की